राज्यपाल के अभिभाषन के साथ आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र तीन मार्च को पेश किया जायेगा बजट राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखण्ड आंदोलन में शहीद या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का लिया फैसला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

तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल प्रोहित इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे विश्वविद्यालय का नाम तमिलनाड के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचनद्रन के नाम पर रखा गया है

देश को खिलौना निर्माण का केन्द्र बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है

आइये सुनते हैं खिलौना मेला पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संदेश अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उददेश्य भारतीय खिलौना उदयोग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है

झारखंड अलग राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जाएगी साथ ही पुलिस की गोली से घायल चालीस प्रतिशत तक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के परिवार के एक सदस्य को भी इसका लाभ दिया जाएगा राजधानी रांची में कल हई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया सीधी भर्ती के लिए रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया जायेगा आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा राज्य सरकार शहीद परिवार के एक सदस्य को सात हजार रुपए तक की मासिक पेंशन भी देगी इसके अलावा पुलिस की गोली से चालीस प्रतिशत तक दिव्यांग हुए शहीद के आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि लाभुकों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत तक का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा इसके तहत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी नौकरियों में लाभुकों के लिए पात्रता के आधार पर वर्गवार सीटें भी आरक्षित की जाएंगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मनरेगा के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर एक सौ चौरान्बे रुपए से बढ़ाकर दो सौ पचीस रुपये करने का भी फैसला लिया गया

इससे संबंधित बिल अब बजट सत्र में पेश किया जाएगा इसके बाद अब कोई हुक्का बार का संचालन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा इस मामले में एक से तीन साल तक की कैद भी हो सकती है

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छिहतर नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार सात सौ पन्चानबे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल चालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्डी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख अठारह हजार दो सौ इकतालीस पहुंच गई है वहीं दूसरी और सरायकेला खरसांवां जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है कल जिले में छह संक्रमित मरीज मिले हैं सभी गम्हरिया और आदित्यपुर के हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कोविड वैक्सीन को अन्य देशों को समान रूप से वितरित करने पर भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है श्री घेब्रेयेसस ने कहा कि कोवैक्स टीके के लिए भारत की प्रतिबद्धता और अन्य देशों के साथ कोविड टीके की खुराक साझा करने से विश्व के साठ से अधिक देशों को सहायता मिल रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है विचार और सुझाव प्राप्त करने का आज अंतिम दिन है

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा

भारत ने इंग्लैंड से तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच दस विकेट से जीत लिया है इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में दो एक की बढ़त बना ली है

जिसे भारत ने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया

श्रृंखला का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच इसी स्टेडियम में चार मार्च से खेला जाएगा

उन्होंने कहा कि ऐसे में जिला में उपलब्ध किरोसिन को असुरक्षित मानते हुए आईओसीएल को वापस भेजने का निर्देश दिया गया है खुंटी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के निर्देश पर पुलिस ने जिला मुख्यालय से दो किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर की गई अफीम की खेती को कल नष्ट कर दिया रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने कल मां छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ रजरप्पा को धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की

अखबारों की सुर्खियां राज्य के लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने डिजीटल मीडिया के लिए देश में पहली बार तय किये गए नियम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री चौबीस घंटे में हटानी होगी शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया है जबकि हिन्दुस्तान का शीर्षक है डिजीटल मीडिया पर सरकार ने कसा शिकंजा वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाईम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है ओटीटी सोशल मीडिया और डिजीटल न्यूज पर सरकार के सख्त नियम

जेपीएससी द्वारा जारी संशोधित कैलेंडर की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है जिसका शीर्षक है दो मई को होगी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा